देश में कल से सभी वाहनों पर फास्टैग लगाना होगा अनिवार्य सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं कक्षाओ की परीक्षा तिथियां आज शाम होंगी घोषित

राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या हुई दस हजार से कम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

कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्र सरकार की छठे दौर की बातचीत हई बैठक में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हुए बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत अच्छे वातावरण में हई और सकारात्मक रूप से सम्पन्न हई श्री तोमर ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों को कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि चार मुददों में से दो पर बैठक में सहमति बन गई है श्री तोमर ने बताया कि पहला मुददा पर्यावरण से संबंधित अध्यादेश और दूसरा बिजली कानून से संबंधित था

वहीं श्री तोमर ने दिल्ली में कडाके की ठंड को देखते हए किसान नेताओं से बुजुर्गों महिलाओं और बच्चों को वापस घर भेजने का अनुरोध किया है

आयकर विभाग ने तीसरी बार रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढाई है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर केन्द्र सरकार के इस निर्णय के लिए आभार जताया है

यात्रियों को इससे टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए रूकना नहीं पड़ेगा

मंत्रालय ने कहा कि फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सभी गाड़ियों पर लोग फास्टैग अपनी सुविधा के अनुसार लगवा सकें

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इसकी घोषणा करेंगे उन्होंने अभिभावकों शिक्षकों और संस्थाओं को आश्वस्त किया है कि सभी निर्णय छात्रों के हित में लिए जाएंगे

राज्य सरकार का यह आदेश नगर निगम और नगर परिषद की नगरीय सीमा में लागू रहेगा इन क्षेत्रों में बाजार रात सात बजे बंद कर दिए जाएंगे जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय राहल प्रकाश ने बताया कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है उधर नए साल के जश्न को देखते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को आगह किया है मंत्रालय द्वारा राज्यों को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है भीड भाड के कारण कोराना संक्रमण फैल सकता है इसलिए सभी राज्य इस संबंध में कारगर कदम उठाएं

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

श्री यादव राष्ट्रीय राइफल्स में हवलदार के पद पर कार्यरत थे शहीद का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ आज उनके पैतुक गांव में किया जाएगा

इससे जन जीवन प्रभावित हो रहा है कई स्थानों पर कोहरे का असर बना हुआ है कल चार स्थानों पर पारा जमाव बिन्दु से नीचे रहा तेज सर्दी के कारण लोगों की आवाजाही कम हो गई है